नगरीय निकाय चुनाव प्रदेश में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए कल शाम प्रचार प्रसार थम जाएगा इसके बाद उम्मीदवार घर घर जाकर प्रचार कर सकेंगे कांग्रेस और भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अंतिम चरण के प्रचार में जुटे हुए हैं कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने प्रभार वाले जिलों के निकायों में प्रचार कर रहे हैं वहीं भाजपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के अलावा सभी सांसद और पूर्व मंत्री पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाएं ले रहे हैं पार्टी महासचिव सरोज पांडेय ने आज दर्ग में रोड शो किया इस बीच विभिन्न पार्टियों ने अपने बागी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है जांजगीर चांपा जिले में कांग्रेस ने पार्टी से बगावत करने वाले बारह कार्यकर्ताओं को पार्टी से छह साल के लिए निष्कासित कर दिया है दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने भी अंबिकापुर में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले आठ बागी प्रत्याशियों को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से छह वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है प्रदेश के दस नगर निगम अड़तीस नगर पालिका और एक सौ तीन नगर पंचायतों में इक्कीस दिसंबर को मतदान होगा वहीं मतगणना चौबीस दिसंबर को होगी निर्वाचन तैयारी राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह ने कहा है कि प्रदेश में हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के तहत इक्कीस दिसंबर को होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं उन्होंने बताया कि इस बार मतदान के लिए मतदाता परिचय पत्र के अलावा सत्रह अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों को पहचान पत्र के रूप में मान्य किया गया है इनमें से किसी भी एक पहचान पत्र को दिखाकर मतदाता मतदान कर सकेंगे इस बार चुनाव में कुछ नए प्रयोग किए गए हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त का नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों और व्यवस्थाओं के संबंध में रायपुर दूरदर्शन द्वारा ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण कल और परसों दोपहर साढ़े तीन बजे किया जाएगा वित्त मंत्री बजट बैठक केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में बजट पूर्व परामर्श के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की वित्त मंत्री ने साझी संघीय व्यवस्था की विचाखारा से अवगत कराया और आर्थिक विकास को गति प्रदान करने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी उन्होंने राज्यों के सुझाव का स्वागत किया और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके सुझाव पर गौर करने के बाद विचार किया जाएगा इस बीच छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री टीएस सिंहदेव ने बैठक में कहा कि चालू खरीफ सीजन के लिए राज्य से भारतीय खाद्य निगम द्वारा केंद्रीय कोटे के तहत चावल लिए जाने की सहमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जिसे शीघ्र प्रदान किया जाए उन्होंने राज्य में उत्पादित चावल की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आवश्यक खपत के बाद शेष चावल को केंद्रीय कोटे के तहत भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से खरीदे जाने की मांग की बंधक रिहा प्रदेश सरकार द्वारा मानव तस्करी पर रोक लगाने के लिए शुरू की गई संवेदना योजना के तहत कोंडागांव पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है पुलिस ने तमिलनाडु के सेलम से राज्य के सत्तर बंधकों को रिहा करवाया है जिनमें अधिकांश नाबालिग हैं इनमें कोंडागांव रायगढ़ जशपुर और सूरजपुर के बच्चे शामिल हैं इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है मिली जानकारी के मुताबिक कोंडागांव पुलिस को गुमशुदा बालक बालिकाओं की पतासाजी के दौरान सी सीआर एस प्रोजेक्ट सेलम के काउंसलर वेद भट्टाचार्य के माध्यम से राज्य के इन बच्चों को बंधक बनाए जाने की सूचना मिली जिस पर जिला पुलिस और जिला बाल संरक्षण इकाई कोंडागांव की संयुक्त टीम तैयार कर बंधकों को छुड़वाने के लिए सेलम रवाना किया गया जहां से बंधकों को सकुशल छुड़वा लिया गया है इस दौरान बयालीस बालिकाओं और अट्ठाईस बालकों को सकुशल वापस लाया गया इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है उल्लेखनीय है कि राज्य में महिला संबंधी अपराधों में कमी लाने और उनकी रक्षा सुनिश्चित करने संवेदना योजना चलाई जा रही है इसके तहत यह नीति बनाई गई है कि सीमावर्ती राज्यों में मानव तस्करी के खिलाफ काम कर रहे संगठनों को जोड़ा जाए और इन संगठनों से मिली सूचनाओं के आधार पर बेहतर नतीजे हासिल किए जाएं

बोर्ड की घोषणा के अनुसार ये परीक्षाएं अगले वर्ष पंद्रह फरवरी से शुरु होंगी दसवीं की परीक्षाएं पंद्रह फरवरी से बीस मार्च तक और बारहवीं की परीक्षाएं पंद्रह फरवरी से तीस मार्च तक चलेंगी विद्यार्थी बोर्ड परीक्षाओं की समय सारिणी केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाईट पर देख सकते हैं इधर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने कक्षा दसवीं और बारहवीं की मुख्य परीक्षा की समय सारिणी पहले ही घोषित कर दी है कक्षा बारहवीं की परीक्षाएं दो मार्च से शुरू होंगी वहीं कक्षा दसवीं की परीक्षाएं तीन मार्च से प्रारंभ होंगी ये परीक्षाएं प्रातः नौ से दोपहर साढ़े बारह बजे तक ली जाएंगी एनएमडीसी लीज छत्तीसगढ़ सरकार ने राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी की बैलाडीला लौह अयस्क खदान की लीज बीस वर्षो के लिए बढ़ा दी है सरकार ने लीज बढ़ाते हुए यह शर्त भी रखी है कि एनएमडीसी द्वारा छत्तीसगढ़ में संचालित लौह अयस्क आधारित उद्योगों को उनकी आवश्यकता के अनुसार लौह अयस्क की आपूर्ति बनी रहनी चाहिए गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पिछले माह एनएमडीसी के चेयरमैन और सीएमडी एन बैजेन्द्र कुमार ने रायपुर में मुलाकात कर उनसे लीज बढ़ाने का आग्रह किया था एनएमडीसी भारत सरकार का शासकीय उपक्रम है काजू परियोजना अवॉर्ड कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केन्द्र जगदलपुर में संचालित अखिल भारतीय समन्वित काजू अनुसंधान परियोजना को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने बेस्ट केन्द्र के अवॉर्ड से नवाजा है यह सम्मान उद्यानिकी विश्वविद्यालय बागलकोट कर्नाटक में आयोजित अखिल भारतीय समन्वित काजू अनुसंधान परियोजना के वार्षिक सम्मेलन के मौके पर प्रदान किया गया उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ के इस अनुसंधान केन्द्र ने काजू के उत्पादक परंपरागत् राज्यों को पीछे छोड़ते हुए यह उपलब्धि हासिल की है इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर एसके पाटिल ने परियोजना को सर्वश्रेष्ठ केन्द्र के रूप में चुने जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं विशेष पिछड़ी जनजाति सर्वे आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास सचिव डीडी सिंह ने कहा है कि तृतीय और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों पर विशेष पिछड़ी जनजाति के युवाओं की भर्ती के लिए जिलों में कराए गए सर्वे की रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराएं श्री सिंह कल रायपुर में विभागीय कामकाज की समीक्षा कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने कहा कि कक्षा पांचवीं से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं को रिक्त पदों पर शैक्षणिक योग्यता के आधार पर भर्ती किया जाना है श्री सिंह ने अधिकारियों को सर्वे रिपोर्ट के साथ जिलों में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के रिक्त पदों की जानकारी भेजने को भी कहा है घासीदास जयंती सतनाम पंथ के प्रवर्तक बाबा गुरू घासीदास की जयंती आज प्रदेशभर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जा रही है इस अवसर पर सतनाम पंथ के अनुयायियों द्वारा राज्य के विभिन्न स्थानों में शोभायात्रा निकाली गई साथ ही जैतखाम की पूजा अर्चना और चौका आरती कर पालो चढ़ाया गया

प्रमुख आयोजन बलौदाबाजार जिले के गिरौदपुरी धाम में हुआ जहां प्रदेशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे इस मौके पर धर्मगुरूओं ने छाता पहाड़ गुरू गद्दी जैतखाम की परंपरानुसार पूजा अर्चना की राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर प्रदेश की जनता को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं वाटर रॉकेट लॉचिंग इसरो के वैज्ञानिक दर्ग के बीआईटी मैदान में कल से दो दिवसीय वाटर रॉकेट लॉचिंग का प्रदर्शन करेंगे इसके लिए जिला प्रशासन ने मंजूरी दे दी है इस कार्यक्रम में पांच हजार से अधिक स्कूली बच्चों को आमंत्रित किया गया है जिला शिक्षा अधिकारी प्रवास सिंह बघेल ने बताया कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी शासकीय और निजी स्कूलों को आमंत्रण भेजा गया है इस कार्यक्रम का आयोजन प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई के जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर इसरो द्वारा किया जा रहा है कार्यक्रम का उद्घाटन इसरो के पूर्व निदेशक पद्मश्री पीएस गोयल करेंगे